यातायात नियम देश में कल से यातायात के नियमों में कई बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि कई गुना किये जाने का प्रावधान किया गया है

इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने संबंधी कानूनों को भी कठोर बनाया गया है दूसरी ओर कल से ही बैंकिंग नियमों में भी कुछ बदलाव किये जा रहे हैं इनमें बैंक खाते से एक करोड़ रूपये से अधिक की निकासी करने पर टीडीएस की कटौती करने जैसे कई बदलाव लागू हो जाएंगे पोषण माह देशभर में कल से राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो रहा है

इसका मुख्य उद्देश्य पांच वर्ष तक के बच्चों किशोर बालिकाओं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है इसके अलावा एनिमिया की कमी को दूर करने के लिये आयरन की गोली और खाद्य विविधता संबंधित उपाय भी किये जाएंगे अभियान में जिला विकासखंड और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण जागरूकता और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे पोषण माह में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जायेगी तथा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रोजाना समीक्षा भी होगी

बैठक में इन मुद्दों पर केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय पर विचार किया जाएगा साथ ही पोषक तत्वों वाले चावल को राज्यों में वितरित करने वाली पायलट योजना पर भी चर्चा की जाएगी हाल ही में अधिसूचित किये गये नये उपभोक्ता संरक्षण कानून को लागू करने और एक केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन पर भी बैठक में विचार विमर्श होगा आनंद सम्मेलन प्रदेश के मुरैना जिला मुख्यालय पर कल पहला परिवार आनंद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि टूटते बिखरते परिवारों और पति पत्नि के आपसी संबंधों में बढ़ती दरार के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मध्यप्रदेश आध्यात्म विभाग राज्य आनंद संस्थान ने नवाचार करते हुए सम्मेलन करने का निर्णय लिया है इसकी शुरूआत मुरैना से की जा रही है बाद में यह सम्मेलन सभी जिलों और तहसील स्तर पर आयोजित किये जाएंगे शहरी आवास केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लगभग तीन लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी है इस पर पंद्रह हजार एक सौ करोड़ से अधिक खर्च होंगे यह स्वीकृति आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में आयोजित केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में दी गई

इसमें एक हजार एक सौ पचपन सेकण्ड का समय लगा

यह दिसंबर माह तक चलेगा गुना जिले में कलेक्टर ने नागरिकों से गणना के लिए सही जानकारी प्रदाय करने का आग्रह किया है उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीति निर्माण में सहयोग करेगी इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे कलेक्टर ने बताया कि नागरिकों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जायेगा उन्होंने आर्थिक गणना के लिए नियुक्त किये गये कर्मचारियों को सहयोग करने की अपील नागरिकों से की है आगरमालवा और अशोकनगर जिले में आर्थिक गणना का सर्वेक्षण कार्य दो सितंबर से शुरू होगा समिति गठन राज्य शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों रोजगार सहायकों और अन्य संविदाकर्मियों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिये पूर्व में गठित उपसमिति में संशोधन कर नई समिति बनाई गई है मंत्रिपरिषद की सहायता के लिये बनाई गई यह समिति ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो स्थायीकरण और अन्य मांगों से संबंधित हैं तथा जिनसे शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा संविदा ज्ञापन प्रदेश में आपदा आपातकाली मोचन बल के संविदा कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के दिये गये मौखिक निर्देश से नाराज होकर संविदा कर्मचारियों ने गृह मंत्री बाला बच्चन को ज्ञापन सौंपकर संविदा अवधि बढाने की मांग की है मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आज भोपाल में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी समिति बैठक प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को रियायती ब्याज पर दो पहिया वाहन के लिये ऋण उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने समिति गठित की है यह समिति सब्सिडी की दर निर्धारण और निःशुल्क पंजीयन की प्रकिया का परीक्षण कर अपनी अनुसंशा देगी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में की जाएगी मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर जारी है

उन्होंने बताया कि पूर्वी मध्यप्रदेश पर एक चकवाती घेरा बना हुआ है और द्रोणिका प्रदेश के गुना से होकर गुजर रही है इससे प्रदेश में अभी और बारिश होगी

साथ ही रायसेन राजगढ़ जबलपुर नरसिंहपुर छिंदवाड़ा सिवनी कटनी मंडला धार उज्जैन देवास विदिशा खंडवा खरगोन अलीराजपुर और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया गया

इसको हटाने के लिये आंदोलन की चेतावनी भी दी है